क्योंकि सौर ऊर्जा सुनिश्चित शुद्ध और सुरक्षित हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों और उद्योगों को इस सोलर प्लांट से बिजली मिलने के साथ ही दिल्ली की मेट्रो रेल को भी इसका लाभ मिलेगा उन्होंने कहा कि रीवा की तरह शाजापुर नीमच और छतरपुर में बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों पर काम चल रहा है वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ से और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से शामिल हुए लोकार्पण कार्यक्रम में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री राज्य नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा आरके सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रहलाद पटेल और थावरचंद गेहलोत भी शामिल हुए इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहाने ने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाये जायेंगे

इस परियोजना को लगभग ढाई साल के रिकार्ड समय में पूरा किया गया परियोजना से सस्ती बिजली का उत्पादन हो रहा है इस सौर ऊर्जा प्लांट में कुल तीन इकाइयां शामिल हैं

अधिकृत जानकारी के अनुसार राज्य में अब केवल पौने चार हजार ही सकिय मरीज हैं जिनका ईलाज किया जा रहे हैं

इनमें से ढाई हजार से अधिक व्यक्ति स्वस्थ होकर घर पहुंच चुके हैं सिवनी जिले में एक और कोरोना पॉजिटिव पाया गया

शिवपुरी जिले में शादी में कोरोना फैलने के बाद लापरवाही दिखाने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है

होशंगाबाद जिले के इटारसी में एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के चार नए केस सामने आए हैं

उच्चतम न्यायालय फीस उच्चतम न्यायालय ने कोरोना महामारी को लेकर जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर देश भर के निजी स्कूलों में तीन महीने की फीस माफ करने के निर्देश देने संबंधी याचिका पर सुनवाई से आज इनकार कर दिया मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की खंडपीठ ने सुशील शर्मा और अन्य की याचिका सुनने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि स्कूल फीस संबंधी मुद्दे को संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के समक्ष उठाया जाना चाहिए मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के अभिभावक संघों की ओर से यह याचिका दायर की गयी थी जिसमें अप्रैल मई और जून की फीस माफी के आदेश देने और पूरे देश में लॉकडाउन की अवधि के दौरान की फीस के ढांचे और संग्रहण को नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने के निर्देश देने का न्यायालय से अनुरोध किया गया था मिश्रा बयान कुख्यात अपराधी विकास दुबे को आज सुबह कानपुर के निकट भौंती में मुठभेड में मार गिराया गया कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश ने बताया कि उज्जैन से उसे लेकर आ रहे पुलिस वाहन के भारी बारिश के कारण पलटने पर विकास ने पुलिसकर्मी से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की लेकिन मुठभेड़ में वह घायल हो गया उसे कानपुर अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया प्रदेश पुलिस ने कल उज्जैन से उसे गिरफ्तार किया था गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज भोपाल में मीडिया के इस संबंध में किये गये सवालों के जवाब में कहा कि दरअसल संपूर्ण मामले में मध्यप्रदेश पुलिस ने अपना कार्य बेहतर ढंग से किया